भारत संचार निगम लिमिटिड द्वारा निर्भया परियोजना को अंतर्गत सेफ सिटी प्रोजेक्ट मंडी पर आधारित प्रस्तृति के दौरान मुख्यमंत्री ने ये बात कही जयराम ठाकुर ने कहा कि इस परियोजना से बेहतर यातायात प्रबंधन और भीड़ को नियंत्रित करने में भी स्मार्ट समाधान उपलब्ध होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना में मंडी शहर के लिए योजना विकास कार्यान्वयन और संचालन के अलावा सीसीटीवी पर आधारित निगरानी प्रणाली की परिकल्पना की गई है इस दौरान हिमाचल प्रदेश दूर संचार वृत के मुख्य महाप्रबंधक जसविंदर सिंह सहोटा ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि बीएसएनएल सैटेलाईट मोबाईल फोन सुविधा प्रदान करने वाली भारत की एक मात्र कंपनी है

चांदमल कमावत ने प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर आधारित ज्वेल ऑफ हिमाचल नामक प्रस्तक के प्रकाशन की योजना से भी मुख्यमंत्री को अवगत करवाया मुख्यमंत्री ने लेखक के प्रयासों की सराहना करते हुए उनकी सफलता की कामना की

हालांकि इस वर्ष उम्मीदवारों के पास जेईई और नीट परीक्षाओं में सवालों के जवाब देने के लिए विकल्प होंगे

संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि नेताजी के अतृल्य योगदान और राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा की याद में ऐसा किया गया है

पश् स्वास्थ्य व प्रजनन विभाग के उपनिदेशक संजीव नड़डा ने बताया कि सामान्य परीक्षण में पक्षियों में बर्ड फलू के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं उन्होंने कहा कि ऐहतियात के तौर पर पक्षियों को जांच के लिए वन्य प्राणी विमाग के माध्यम से क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला जालंधर भेज दिया गया है संजीव नड़डा ने कहा कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गांव गांव जाकर घरेलू कुक्कुट पक्षियों का निरिक्षण भी कर रहे हैं